वे आज दोपहर शिमला स्थित पार्टी कार्यालय दीपकमल में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन भरेंगे उल्लेखनीय है कि पार्टी हाईकमान के निर्णय के बाद ही राजीव बिंदल ने कल विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है इस बीच राजीव बिन्दल के विदाई समारोह के बाद कल पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नये विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए विशेष सत्र बुलाने के बारे मे बाद में विचार किया जायेगा उन्होंने कहा कि मार्च में होने वाले बजट सत्र के पहलेदिन भी नये अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है प्रशिक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में भूकम्परोधी तकनीक से घर बनाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं

कार्यक्रम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन शोध संस्थान के सहयोग से कल शिमला स्थित सचिवालय में विभिन्न शाखाओं के कर्मचारियों के लिए प्रतिक्रियादाता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर प्राधिकरण के निदेशक व विशेष सचिव डीसी राणा ने किसी भी परिस्थिति में प्राथमिक उपचार के प्रति जागरूकता व तैयारियों पर बल दिया कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा और पर्यावरण से जुड़ी आपातकालीन स्थिति पर चर्चा करने के अलावा आपात परिस्थितियों से निपटने के बारे प्रतिभागियों को जानकारी दी गई मौसम प्रदेश के जनजातीय इलाकों में आज भी रूक रूक कर हिमपात जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा हो रही है इससे तापमान में गिरावट आई है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति कुल्लू व किन्नौर जिलों की ऊंची चोटियों पर कल रात से बर्फबारी हो रही है जिससे इन इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं हालांकि बर्फबारी से प्रभावित इलाकों में प्रशासन द्वारा बिजली पानी व संचार व्यवस्था सुचारू बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं शिमला जिला के उपरी क्षेत्रों में कुफरी नारकंडा व खड़ा पत्थर में कल रात हिमपात हुआ है निचले जिलों में विभिन्न स्थानों पर बादल छाए हुए हैं और कुछ क्षेत्रों में धुंध का प्रकोप बना हुआ है मौसम विभाग ने आज उच्च व मध्य पर्वतीय इलाकों में वर्षा व हिमपात जबकि निचले मैदानी क्षेत्रों में गरज के साथ वर्षा की संभावना जताई है इस बीच राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कुल्लू लाहौल स्पिति चंबा किन्नौर व शिमला जिलों के उंचाई वाले इलाकोंमें हिमस्खलन की आशंका को देखते हुए लोगों को एहतिआत बरतने की सलाह दी है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने मंत्रिमंडल के फैसलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण का शीर्षक है ढाई हजार को मिलेगी नौकरी

बिंदल ने दिया इस्तीफा बनेंगे भाजपा के बॉस शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज को सौंपा इस्तीफा आपका फैसला की सुर्खी है डॉ राजीव बिंदल ने विधानसभा अध्यक्ष के पद से दिया इस्तीफा दैनिक भास्कर ने लिखा है डॉ बिंदल ने दिया इस्तीफा आज भरेंगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के लिए नामांकन अजीत समाचार का कहना है बिंदल के पार्टी अध्यक्ष बनते ही बदलेंगे प्रदेश में समीकरण दैनिक जागरण के शब्द हैं नई जिम्मेदारी के लिए बिंदल ने छोड़ा विधानसभा अध्यक्ष का पद